प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के आरम्म से ही वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है सरकार गरीबों विशेष रूप से सुदूररवर्ती इलाकों में लोगों के वित्तीय संमावेशन के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि चाहे बैंक खाते खोलने हों कर्ज का लेन देन हो या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हों गरीब और क्व्यम वर्गों के लोगों के लिए इन सुक्षिप्रों का फायदा उठाना आसान हो गया है श्री मोदी ने हाल में शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर ट्विटर के जरिए प्राप्त शुभकामना संदेशों के जवाब में यह बात कही उन्होंने कहा कि देश के दूरदराज इलाकों में रहने वालों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से बड़ा फायदा होगा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने पहली बार अगस्त में तीस करोड़ लेन देन किए हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एन पीसीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने कल चौवन हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के इक्कतीस करोड़ लेन देन हुए जो पिछले महीने के मुकाबले चौदह प्रतिशत ज्यादा है जुलाई में इक्यावन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के सत्ताईस करोड़ तीस लाख लेन देन हुए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में यूपीआई की इस उपलब्धि की सराहना की है यूपीआई का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का है ताकि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिले विमुद्रीकरण के बाद के दो बर्षो में यूपी आई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है भारत और साइप्रस ने वित्तीय खुफिया सूचनाएं साझा करने और पर्यावरण के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्वर किए हैं साइप्रस की राजधानी निकोसिया में दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद कल इन समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किए गए दोनों देश दोहरे कराघान से बवने के लिए दो हजार सोलह में हुए समझौते में संशोधन करने पर सहमत हुए हैं राष्ट्रपति ने साइप्रस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताम कांत ने कहा है कि भारत में बहुत जल्द सार्वजनिक परिवहन के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड की नीति अपनाई जाएगी नई दिल्ली में भावी गतिशीलता शिखर बैठक दो हजार अट्ठारह को संबोधित करते हुए श्री अमिताम कांत ने कहा कि किसी भी आर्थिक प्रणाली के विकास के लिए एक ठोस और मजबूत परिवहन व्यवस्था रीढ़ की तरह होती है श्री अमिताम कांत ने कहा कि गतिशील रणनीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन परिवहन उन्मुख योजना डिजिटीकरण पर अधिक ध्यान देना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मॉनिटरिंग कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्कूलों में साफ सफाई की सुविघाए उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रगति की है यह विश्व संस्था पेयजल साफ सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की उन्नीस सी नबे से समीक्षा कर रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दो हजार से दो हजार सोलह के बीच भारत में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से कम हुई है जहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी इस दिशा में हुई प्रगति खुले में शौच में आई कमी से भी बेहतर रही है दो हजार सोलह तक भारत के लगभग सभी स्कूलों में साफ सफाई की किसी न किसी तरह की सुविधाए उपलब्ध हो चुकी थी जबकि दस साल पहले देश के पचास प्रतिशत स्कूलों में ऐसी कोई सुविघा नहीं थी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जाप्र जनपद के बरकछा कलां गाँव में क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मिर्जापुर में पर्यटन की असीम सम्मावनाये हैं उन्होंने कहा कि जिले को विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है केन्द्रीय मंत्री ने कहा ग्रामीण युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में रोजगार मेले का आयोजन शीघ्र कराया जायेगा इसके पूर्व श्रीमती पटेल ने अपने कैम्प कार्यालय में जनता की समस्याओं के शीघ्न निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की अटल जी का निधन तिरान्नबे वर्ष की आयु में पिछले महीने हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कल गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और निर्माण एजेन्सी के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ से गाजीपुर तक बनने वाली छः लेन की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर लिंक रोड जुड़ने से यहाँ के लोगों के लिए दूसरे जिलों की यात्रा आसान हो जायेगी बैठक में मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरंडी मेडिकल कालेज परिसर में एक सौ चार करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दो परियोजनाओं का शिलान्यास किया इनमें चौरासी करोड़ रूपये की लागत से रीजनल मेडिकल रिसर्व सेन्टर तथा बीस करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दिय्यागों के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र सीआरसी और हास्टल का निर्माण शामिल है उन्होंने इन्सेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में दो सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से आठ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो गये हैं जिन्हे अगले माह लोकार्पित किया जायेगा इसके अलावा गोरखपुर में एम्स स्थापना का कार्य प्रगति पर है इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कालेज में स्थापित होने वाला रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लेस होगा इस सेन्टर के बनने से यहाँ इन्सेफ्लाइटिस और दूसरी विषाणु जनित बीमारियों की पहचान व उनके खतरे की जानकारी समय से हो जायेगी इससे उनसे बचाव और नियंत्रण में मद्द मिलेगी आकाशवाणी गोरखपुर के पूर्व केन्द्र निदेशक और साहित्यकार डॉक्टर उदयमान मिश्र का कल देर शाम उनके गांव गोरखपुर के गोला तहसील के बसावनपुर में निधन हो गया वह पचासी वर्ष के थे और पिछले कूछ दिनों से गम्भीर रूप से बीमार चल रहे थे उनका अंतिम संस्कार आज बड़हलगंज स्थिति सरयू नदी के तट पर किया जायेगा उनके निवन पर साहित्यकारों एवं गण्यमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन बुरी तरह से प्रमावित हुआ है राज्य में गंगा यमुना रामगंगा शारदा घाघरा सहित प्रमुख नदियाँ उफान पर हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट बुन्देलखण्ड और परिवमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये है माताटीला बांध से पाँच लाख स्प्रसेक पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जिले में अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है

नदी में हो रही कटान के चलते तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गये है

सुशील चन्द तिवारी आकासवाणी समाचार लखनऊ पीलीमीत और लखीमपुर खीरी में शारदा का जल स्तर बढ़ने से दोनों जिलों में पचास से अधिक गाँव की लगभग एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे है नदी के तेज बहाव के चलते पीलीमीत और लखीमपुर खीरी में खेती योग्य कई हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गयी है इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वर्षा जनित हादसों में दस लोगो की मौत हो गयी और नौ अन्य घायल हो गये राहत आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में दस लोगों की मृत्यु हो गयी